केन्द्र सरकार जल्द ही लायेगी डेटा सुरक्षा संबंधी कानून

प्रदेश में आज गर्मी और उमस का असर भरतपुर और जयपुर संभाग में भारी बारिश की संभावना प्रदेश में चल रहे सियासी घटनाकम के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने भाजपा पर एसओजी जांच को प्रभावित करने का आरोप लगाया है वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने विधायकों की कथित फोन टेपिंग को असंवैधानिक बताया है

श्री पूनिया ने कहा कि राज्य सरकार डरी हुई है इसलिये दबाव में विधायकों को अलग रखा जा रहा है

संसद की प्रवर समिति द्वारा इस बारे में विचार किया जा रहा है एक वर्चुवल संबोधन में उन्होने कहा कि भारतीयों का डेटा देश का है और सरकार डेटा पर समझौता नहीं करेगी कानून मंत्री ने कहा कि समी लोगों को डेटा की गोपनीयता के बारे में सावधान रहना चाहिये श्री प्रसाद ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण हमारी कार्य संस्कृति में बदलाव आये हैं और अदालतों में वर्च्यवल सुनवाई की जा रही है

अभियान का उद्देश्य करदाताओं को स्वेच्छा से ऑनलाइन कर भुगतान के लिए प्रेरित करना है

प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए श्रोताओं के सुझाव मांगे हैं

स्वास्थ्य मंत्री ने प्लाज्मा दाताओं को प्लाज्मा वारियर्स बताया उन्होने कहा कि प्लाज्मा दान देश में एक आंदोलन का रूप लेगा

मंत्रालय ने कहा है कि केन्द्र राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों के प्रभावी प्रयासों के कारण ऐसा संभव हो पाया है इसके साथ ही प्रभावी कंटेनमेंट कार्यनीति बड़ी संख्या में नमूनों की जांच और मानक क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल से मृत्युदर में कमी हुई है

इसके अनुसार इन केन्द्रों में मामूली लक्षण वाले संदिग्ध मरीजों के साथ साथ बिना लक्षण वाले संक्रमितों की देखभाल भी की जा सकेगी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 निर्देशों में कहा गया है कि ये केन्द्र आवासीय परिसरों के सामुदायिक कक्ष साझा उपयोग वाले क्षेत्रों या खाली फ्लैट में बनाए जा सकेंगे

बूंदी के एक किसान पंकज ने बताया कि उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल रहा है

प्रशासन और कृषि विभाग लगातार इन पर नियंत्रण की कार्रवाई कर रहा है

उन्होने बताया कि टिड्डियों के प्रजनन की अनुकूल परिस्थितियों देखते हुये उन्हें तत्काल नष्ट किया जाना आवश्यक है जिससे अन्य स्थानों पर उनका फैलाव नहीं हो सके

झालावाड़ और बारां में लोग गर्मी और उमस से परेशान रहे बारां में बारिश की कामना को लेकर आज विमिन्न उपाय किये गये टोंक में दोपहर बाद हल्की वर्षा हई मौसम विमाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले दो से तीन दिन में भरतपुर और जयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना है

बार बार हाथ धोयें या सेनेटाइजर से साफ करें